बीओटी योजना के तहत बनी सड़कों की जांच कराई जायेगी उन्होंने विधानसभा में आज विधायक राजवर्धन सिंह और अन्य सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर में कहा कि सरकार अवैध टोल टेक्स की वसूली की भी जांच करायेगी इससे पहले विधायक श्री सिंह ने रतलाम जिले में जावरा फोरलेन की मरम्मत न होने का मामला उठाते हुये कहा कि वाहनों से टोल टेक्स वसूलने वाली कंपनी सड़क का रखरखाव नहीं कर रही है

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमाकांत उमराव को यह पुरस्कार प्रदान किया बजट परामर्श वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी बजट के बारे में अधोसंरचना ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से जुड़े पक्षों के साथ विचार विमर्श किया बजट पूर्व इस विचार विमर्श में वित्त और आर्थिक मामलों के सचिवों के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे उन्होंने इस दौरान अपने अपने विभागों की प्राथमिकता को लेकर वित्त मंत्री को कई सुझाव दिये

शिविर में राष्ट्रीय एकता कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

बालरंग भोपाल स्थित इंदिरा गाँधी मानव संग्रहालय में राष्ट्रीय बालरंग महोत्सव का आज दूसरा दिन है राज्यपाल लालजी टंडन ने आज इस महोत्सव का शुभारंभ किया स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह में आमजन के लिये प्रवेश निःशुल्क है बालरंग महोत्सव में विभिन्न विषय पर प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं जिनमें लघु भारत गौरवमयी भारत समर्थ भारत वैभवशाली भारत की उड़ान शामिल हैं

मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के उज्जैन और इंदौर में आज धूप खिलने से लोगों ने ठंड से कुछ राहत महसूस की वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में कोहरे और सर्द हवायें चलने से ठंड बढ़ गई है प्रदेश के बीस से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान दस डिग्री से नीचे पहुंच गया है प्रदेश में सबसे कम तापमान पांच डिग्री सीधी उमरिया खजुराहों नौगांव और दमोह में दर्ज किया गया

उनका कहना है कि बोर्ड ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं

यह समिति विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी कर रही है